पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने आज बहुचर्चित महाबोधि मंदिर सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में सभी पांच दोषियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनायी अदालत ने हैदर अली को साठ हजार रुपये का और इम्तियाज अंसारी तथा मुजिबुल्लाह अंसारी को पचास पचास हजार रुपये और उमर सिद्दीकी तथा अजहरउद्दीन कुरैशी को चालीस चालीस हजार रुपये का जुर्माना भी किया है अदालत ने पच्चीस मई को मामले की सुनवाई पूरी कर सभी पांचों आरोपी को दोषी करार दिया था दोषियों में से तीन हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी इम्तियाज अंसारी और मुजिबुल्लाह अंसारी रांची के हैं जबकि अन्य दो उमर सिद्दीकी और अजहरउद्दीन कुरैशी छत्तीसगढ़ के हैं गौरतलब है कि सात जुलाई दो हजार तेरह को बोधगया के महाबोधि मंदिर में सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे जिसमें दो बौद्ध भिक्षु समेत कई अन्य घायल हो गए थे ये सभी दोषी पटना के गांधी मैदान में सताईस अक्तूबर दो हजार तेरह को भाजपा की रैली के दौरान हुए बम विस्फोट मामले में भी आरोपी हैं केन्द्र सरकार ने कालेधन का पता लगाने और कर चोरी रोकने में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए आयकर भेदिया नाम से नई ईनामी योजना शुरू की है इस योजना के तहत बेनामी सम्पत्ति के लेनदेन और उससे अर्जित सम्पत्ति की जानकारी देने वालों को एक करोड़ रुपये तक का ईनाम दिया जाएगा जो व्यक्ति विदेशों में जमा की गई अघोषित काले धन के बारे में स्पष्ट जानकारी देगा उसे पांच करोड़ रुपये तक का ईनाम दिया जाएगा इस ईनाम के हकदार विदेशी भी होंगे इसके अलावा आयकर चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति को पचास लाख रुपये तक का ईनाम दिया जाएगा सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी और इस मामले में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी इस योजना का उद्देश्य बेनामी लेन देन और सम्पत्तियों के साथ साथ इस तरह की सम्पत्तियों से अर्जित आय के बारे में जानकारी देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि पटना के घरों में इस साल अक्टूबर महीने तक पाईप लाईन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचने लगेगा आज पटना में एक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजधानी में चार सौ दस किलोमीटर मुख्य पाईप लाईन बिछाने का काम पूरा हो गया है शेष बचे अस्सी किलोमीटर पाईप लाईन बिछाने का काम भी चल रहा है उन्होंने कहा कि पटना में जल्द ही सीएनजी स्टेशन की स्थापना भी की जायेगी श्री मोदी ने कहा कि पुराने वाहनों में सीएनजी कीट लगाने की व्यवस्था जल्द से जल्द शुरू करने के लिए भी सरकार पहल करेगी मौसम विभाग ने रोहतास अरवल भोजपुर और बक्सर जिलों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जतायी गयी है वहीं विभाग ने प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी आंधी और बारिश की संभावना जतायी है इस दौरान कई स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिनों तक प्रदेश में प्री मानसून बारिश की संभावना बनी हुई है आज रोहतास जिले का डेहरी बयालीस डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा पटना का अधिकतम तापमान चौंतीस गया का पैंतीस दशमलव पांच भागलपुर का तैंतीस दशमलव आठ और पूर्णियां का इकतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया सीतामढ़ी के जिला कल्याण पदाधिकारी शुभनारायण दत्त की हत्या के मामले में फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से खून के नमूने समेत अन्य साक्ष्य एकत्रित किये तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी पारसनाथ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास वर्मन के नेतृत्व में गठित टीम हत्याकांड की जांच करेगी इधर जिला समाहरणालय कक्ष में शोकसभा का अयोजन कर मृतक अधिकारी को श्रद्धांजलि दी गयी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के कारण प्रदेश में जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी आई है आज पटना में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुये श्री पांडेय ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ अनूठे पहल किये गये हैं जिसके कारण आज कई देश बिहार के मॉडल का अध्ययन करने आ रहे हैं रेलवे ने आरक्षण टिकट फार्म के प्रारूप में बदलाव किया है अब इस फार्म में विकल्प योजना का चुनाव करने या नहीं करने की सुविधा दी गयी है अभी तक कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर वैकल्पिक ट्रेन की सुविधा की योजना विकल्प ऑन लाइन बुकिंग पर ही उपलब्ध थी

तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में छह पैसे और डीजल के दामों में पांच पैसे प्रति लीटर की कमी की है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने और डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से हुआ है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को नयी तकनीक की जानकारी देकर उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास कर रही है आज दानापुर में किसान चौपाल की शुरूआत करते हुए श्री कुमार ने कहा कि तीसरे कृषि रोडमैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाया जा रहा है समारोह को संबोधित करते हुए केन्द्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने किसानों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारियां दी प्रदेश के सभी पंचायतों में आज से पन्द्रह जून तक आयोजित होने वाले किसान चौपालों के माध्यम से किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कृषि की नई तकनीकों की जानकारी दी जा रही है तथा किसानों के सुझाव भी लिये जा रहे हैं इन चौपालों में स्थानीय सांसद विधायक और पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी सहभागिता कर रहे हैं साथ ही खेती में नवाचार को बढ़ावा देने वाले किसानों को विशेष रूप से किसान चौपाल में आमंत्रित किया गया है राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राजभवन और विश्वविद्यालयों की गतिविधियों तथा राज्य के ऐतिहासिक पहलुओं से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रकाशित पत्रिका राजभवन संवाद का आज विमोचन किया इस अवसर पर श्री मलिक ने कहा कि इस पत्रिका के माध्यम से राजभवन के साथ आम लोगों का सीधा संपर्क बढ़ेगा उन्होंने कहा कि वे इस पत्रिका को लेकर राष्ट्रपति के सम्मेलन में भी जाएंगे दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तारालाही चौक के पास से पुलिस ने आज दो देशी बम बरामद किया वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि बम निरोधक दस्ते की मदद से बम को निष्क्रिय कर दिया गया है उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है खगड़िया जिले के महेशखूंट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक वाहन से लगभग एक सौ चौरासी किलो नेपाली गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बरामद गांजे की कीमत तेरह लाख रुपये बतायी जाती है वहीं पश्चिम चम्पारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र के नानोसती चौक के पास से पुलिस ने एक तस्कर को साढ़े आठ सौ ग्राम चरस और एक देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चमरडीहा गांव में घरेलू विवाद के बाद एक महिला ने अपने दो बच्चों के साथ कुंए में कूद कर आत्महत्या की कोशिश की जिसमें दोनों बच्चों की मौत हो गयी समस्तीपुर जिले के मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर जिला लुटेरा गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है शिवहर जिले के पुरनहिया थाना क्षेत्र के बराही जगदीश गांव में आग लग जाने से चार मवेशियों की मौत हो गयी रोहतास जिले के अगरेर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाराडीह में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया वहीं जिले के सीढ़ी थाना क्षेत्र के कोनार गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक दारोगा घायल हो गया सीतामढ़ी जिले के परिहार थाना क्षेत्र के जमोरा चौक के पास एक बस के पलट जाने से उसपर सवार लगभग आधा दर्जन यात्री घायल हो गये